इनमें कई जिलो में कई तरह की छट दी जाएगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार और फायदा हुआ है गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का तीन मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए कोरोना मरीज पुष्टि छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वायरस से संक्रमित दो और मरीजों की पुष्टि हुई है

इससे पहले इन सभी मरीजों की जांच रैपिड टेस्टिंग किट से की गई थी रैपिड टेस्टिंग किट में दस लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी इसके बाद इन सभी संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया जिसमें दो लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जबकि एक मरीज का टेस्ट दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है इस बीच रायपुर एम्स से आज दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छटटी दे दी गई है इन्हें मिलाकर अब तक छत्तीस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रेमित चार मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित चालीस मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना प्रवासी श्रमिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के संबंध में जारी निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने सभी संभागीय कभिश्नरों पुलिस महानिरीक्षकों कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के लिए अनुमति दी जा सकती है लेकिन अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट घोषित होने की दशा में भी अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए जारी अनुमति निरस्त कर दी जाएगी केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए सभी राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उनके मानक प्रोटोकॉल तय करने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच छत्तीसगढ़ के जितने मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं यदि वे छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं तो वे हेल्पलाइन नंबर या संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क कर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर है नौ एक शून्य नौ आठ चार नौ नौ दो सात पांच आठ सात आठ दो दो आठ शून्य शून्य और शून्य सात सात एक दो चार चार तीन आठ शून्य नौ

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से आने की अनुमति के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कलेक्टरों समी को निर्देशित किया गया है कि हॉट स्पॉट की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट की जाती है परिवार के नजदीकी सदस्य माता पिता या पिता पूत्र की मृत्यू अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण कोई व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहता है तो उन्हे अनुमति संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दंडाधिकारी या संबंधित जिला दंडाधिकारी प्रदान करेंगे इसके अलावा अन्य आपात कारणों या उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का परीक्षण और दस्तावेज सहित प्रकरण जिला दंडाधिकारी द्वारा गृह विभाग को भेजा जाएगा तथा गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी किए जा सकेंगे यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैध अनुमति प्राप्त कर स्वयं के साघन से छत्तीसगढ़ से होकर दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिलो दंडाधिकारी वैध अनुमति और दस्तावेज के परीक्षण के बाद ही उन्हें छत्तीसगढ़ से होकर अन्य राज्य जाने की अनुमति दे सकेंगे कोरोना मुख्य सचिव मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए समुदाय स्तर पर निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान और उपचार किया जाना आवश्यक है मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को घर वापसी के इच्छूक श्रमिकों का आंकलन कर उनकी प्रदेश और जिलेवार जानकारी एकत्र करने कहा है वापस आने वाले श्रमिकों और परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन में रखने की सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के समन्वय से की जाएंगी कोरोना जांच सुविधा प्रदेश के रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में भी अब कोरोना वायरस संक्रमण की जांच होगी एम्स रायपुर ने मेडिकल कॉलेज रायगढ की प्रयोगशाला को कोरोना जांच के लिए उपयक्त मानते हुए इसकी अनुमति प्रदान की है एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि आईसीएमआर के निर्देशों के अनुरूप रायगढ़ में कोरोना टेस्टिंग सुविधा प्रारंभ की जा रही है इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा चार स्थानों पर उपलब्ध होगी गौरतलब है कि प्रदेश में एम्स रायपुर के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना जांच की सविधा पहले से ही उपलब्ध है रायगढ में जांच शरू होने से प्रदेश में कोरोना की और अधिक टेस्टिंग करने में मदद मिलेगी कोरोना तें दृपत्ता संग्रहण प्रदेश में तेंदूपत्ता खरीदी के लिए आने वाले व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों को उनके कार्यक्षेत्र के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा इन लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें संबंधित जिले में तेंद्रपत्ता संग्रहण कार्य की अन्मति दी जाएगी ये लोग रिपोर्ट निगेटिव आने पर तेंदूपत्ता संग्रहण परिवहन आदि कार्य कर सकेंगे वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निदेशों का शत प्रतिशत पालन कराने कहा है कोरोना फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान आगामी पंद्रह जुलाई के पहले फसल बीमा आवेदन और प्रीमियम राशि जारी कर खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश के अनुसार अब संभी प्रकार के किसानों के लिए फसल बीमा कराना एच्छिक कर दिया गया है इसके पहले ऋणी किसानों का अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराया जाता था उन्होंने बताया कि बीते खरीफ मौसम में बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति के एवज में प्रदेश के करीब चार लाख छप्पन हजार किसानों को छह सौ चौंतीस करोड़ रूपये का बीमा दावा का भूगतान किया गया है

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की नौवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ रिथित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे इस विशेष कार्यक्रम की कल प्रसारित होने वाली कड़ी के तहत राज्य के स्वास्थ्य और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा कोरोना पीडीएस चावल प्रदेश के छप्पन लाख से अधिक राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह का चावल शासकीय उचित मूल्य की दकानों से निःशल्क दिया जाएगा

इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्डघारी परिवारो को नियमित आवंटन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून तक का अतिरिक्त चावल दिया जाएगा इसके तहत अंत्योदय राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य को पांच किलो प्रतिमाह अतिरिक्त चावल की पात्रता होगी खाद्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं चावल वितरण के समय राशन कार्डवार आवंटन की पात्रता सूची प्रदर्शित करनी होगी और सभी कार्डघारियों को उनकी पात्रता के बारे में जानकारी दी जाएगी कोरोना परीक्षा स्थगित कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल की मुख्य परीक्षाएं स्थगित कर दी है मंडल के संघिव ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर पहले कुछ परीक्षाएं स्थगित की गई थीं इसके बाद संशोधित समय सारिणी जारी कर चार से आठ मई तक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था वर्तमान में लॉकडाउन को देखते हुए हाईस्कूल हायर सेकण्डरी और हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शेष परीक्षाओं की नई समय सारिणी अब बाद में घोषित की जाएगी कोरोना यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोरोना वायरस और देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के ै लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए हैं शैक्षिक वर्ष दो हजार बीस इक्कीस पुराने छात्रों के लिए एक अगस्त से और नए छात्रों के लिए एक सितंबर से आरंभ हो सकता है बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जिन राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य हुई है वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी टर्भिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाए भी जुलाई में होंगी प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो छात्रों की शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं को समाधान करेगा

सूरजपुर जिले के जजावल में कोरोना पॉजीटिव के संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद केरता शक्कर कारखाना को आज से बंद कर दिया गया है वहीं राजनांदगांव में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर तीन दकानों को सील कर दिया गया वहीं सात दकान संचालकों से बारह हजार रूपये का जर्माना भी वसला गया इसी जिले में बैंक सखियों द्वारा घर घर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जा रही है अब तक पाँच करोड़ पैंतीस लाख रूपये का लेनदेन बैंक सखियों के माध्यम से किया गया है बेमेतरा जिला कलेक्टर ने जिले में एक मई की शाम पांच बजे से तीन मई की शाम पांच बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश जारी किए हैं इसी तरह बालोद जिले में मजदूरों ने पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री राहत कोष में ग्यारह ग्यारह हजार रूपये की सहायता राशि जमा की है वहीं दर्ग संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने बालोद जिले के गुंडरदेही में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए इधर महासमंद जिले के सरायपाली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय और कर्नाटक के हावेरी जिले के नवोदय विद्यालय में फंसे हुए विद्यार्थियों की अदला बदली तेलंगाना के निजामाबाद में की जाएगी महासमुद जिला कलेक्टर ने जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली के प्राचार्य के आवेदन पर यह अनुमति प्रदान की है

वहीं रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में जर्दा तंबाकू और पान गुटखा बरामद किए हैं इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इधर बिलासपुर जिला कलेक्टर ने आज व्यापारी संघों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं कोरोना सिंहदेव मनरेगा लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है राज्य के स्वास्थ्य और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में उन्नीस लाख से अधिक मजदूरो को मनरेगा के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

वाणिज्य केर पंजीयन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए प्रभावी बाजार मूल्य गाइडलाइन दर और उसके उपबंध अब तीस जून तक प्रभावी रहेंगे कोरोना खरीफ तैयारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को आगामी खरीफ सीजन में बेहतर गुणवत्ता के बीज और रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खाद बीज की गृणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए इसके लिए उन्होंने जिलों में भेजे जा रहे खाद बीज की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से करने के भी निर्देश दिए कोरोना रेलवे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री भेजने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है रायपुर बिलासपुर और नागपुर रेलमंडल के स्टेशनों से ये आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है रेल प्रशासन ने व्यापारियों और संबंधित फर्मो से आवश्यक सामग्री भेजने के लिए इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है इसी कड़ी में अधिक खराब होने वाले सामान और कृषि उत्पाद के लिए तीनों मंडलों में पेरिसेल शुरू किया गया है पार्सल के संबंध में और अधिक जानकारी प्रापत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है कोरोना मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिछले माह की तरह इस माह भी अपने वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने की अपील की है गौरतलब है कि राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी संघों द्वारा कोरोना वायरस संकट में आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए पिछले माह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपने एक दिन का वेतन दिया गया है संक्षिप्त समाचार कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को बघाई और शुभकामनाएं दी हैं

कोंडागांव जिले में केशकाल के पास बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई नारायणपुर जिले के बिजली जलाशय में मछली पकड़ने की जाल को अज्ञात लोगों ने जला दिया